राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक सौ दस कोरोना पॉजिटिव मामले आये सामने पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले पैंतालीस संक्रमितों में बीस रैफ के जवान गिरिडीह के नीरज मुर्मू को गरीब बच्चों को पढ़ाने और बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए ब्रिटिष सरकार ने डायना अवार्ड से किया सम्मानित मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए रांची चतरा हजारीबाग और साहिबगंज समेत पूरे राज्य में जारी की भारी बारिष और वजपात की चेतावनी राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए देवघर में विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है लेकिन श्रद्वालुओं के लिए बाबा वैद्वनाथ के लाइव दर्शन की व्यवस्था रहेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर और दुमका के उपायुक्तों को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर इस दिशा में आवश्यक तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया स्थानीय और राष्ट्रीय टीवी चैनलों के माध्यम से बाबा वैद्वनाथ का लाइव दर्शन सुनिश्चित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन में देवघर और वासुकीनाथ मंदिर बंद रहेंगे ऐसे में मंदिर के रंग रोगन और परिसर को हाइजेनिक बनाने का काम किया जाए उन्होंने कहा कि पूरी सतर्कता और तय समय के अनुसार मंदिरों में पूजन कार्य सुनिश्चित किया जाए और अन्य गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहे उन्होंने इस दौरान सूचना तंत्र को भी मजबूत व बेहतर बनाने का निर्देश उपायुक्तों को दिया राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ दस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि सरसठ संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई नए मरीजों में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम जिले से सामने आये हैं यहां से कुल मिले पैंतालीस मरीजों में बीस रैफ के जवान हैं इसके अलावा कोडरमा से ग्यारह मरीज मिले हैं इस तरह कोडरमा में अबतक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक सौ सतासी हो चुकी है जिनमें एक सौ उनसठ लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं वहीं हजारीबाग जिले में सबसे ज्यादा तैंतीस मरीज स्वस्थ हुए हैं राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार छह सौ पैंतीस हो चुकी है जबकि पंद्रह संक्रमितों की मौत और एक हजार नौ सौ अंठानबे संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल छह सौ बाइस एक्टिव मामले हैं गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर लगभग छिहतर प्रतिषत है जबकि मृत्यू दर मात्र शुन्य दशमलव पांच आठ प्रतिशत है वहीं राज्य में जांच के लिए सैंपल कलेक्शन का आंकड़ा डेढ़ लाख से ज्यादा हो चुका है केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्दी ही एक करोड़ लोगों की जांच पूरी हो जायेगी

प्रयोगशालाओं की प्रतिदिन जांच क्षमता तेजी से बढ़ रही है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

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है उन्होंने कहा कि यह कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया

गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव दुलियाकर्म के नीरज मुर्मू ने पूरी द्निया में अपनी एक अलग पहचान बनायी है गरीब बच्चों को बेहतर षिक्षा देने और बाल श्रम उन्मूलन की दिषा में सराहनीय कार्य के लिए उन्हें ब्रिटिष सरकार ने डायना अवार्ड से सम्मानित किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्हें यह सम्मान मिलने से पूरा झारखंड गौरवांवित है गौरतलब है कि बचपन में नीरज मुर्मू बंद ढिबरा व माइका खदान में ढिबरा चुनने का काम करते थे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन संस्था से प्रेरित होकर बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को स्कूलों से जोड़ा नीरज मुर्म आज गांव में बच्चों को स्कूल खोलकर निःशुल्क पढ़ा रहे है

जिले के उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने कारा सुरक्षा समिति की बैठक में कारा प्रशासन को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल में पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए बैठक में जेल प्रशासन की ओर से बताया गया कि जेल में नए बंदियों को चौदह दिनों तक अलग वार्ड में रखा जा रहा है और उनकी कोरोना जांच कराई जाती है जेल में सैनेटाइजेशन चैंबर बनाया गया है हर दिन सुबह शाम जेल को सैनेटाइज किया जाता है

इन बच्चों को गांव में एक जगह एकत्रित कर वे पढ़ाएंगे इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से सभी विद्यालय इकतीस जुलाई तक बंद रहेंगे ऐसे में सरकारी विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के अंदर पूरे राज्य में बच्चों की पढ़ाई से जुड़े गांव चले अभियान को लागू कर दिया जाएगा मौसम विभाग ने अगले बहतर घंटे तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिष और वजपात होने की चेतावनी दी है इस तरह जुलाई माह में मॉनसून सक्रिय हो रहा है मौसम वैज्ञानिक अभिषेक ने आकाषवाणी को बताया कि राज्य के उत्तरी भाग में मॉनसून ज्यादा सक्रिय रहेगा इससे पहले जून माह में भी यहां सामान्य से अधिक बारिष रिकॉर्ड हुई है लगातार हो रही बारिष से धान की बुआई का कार्य तेजी से हो रहा है

इस घटना में दो मवेशी की भी मौत हो गयी

इस मामले में पिकप वैन के चालक एवं उपचालक को गिरफ्तार किया है पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने बताया कि यह शराब रांची से बिहार भेजा जा रहा था

आयुष्मान भारत के मरीजों की जांच मुफ्त में की जाएगी वहीं अन्य मरीजों को जांच के लिए एक हजार पांच सौ बहत्तर रुपए देने होंगे

उपायुक्त ने आवेदनों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को जाना और पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने पहले पत्रे पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाषित किया है आज प्रकाषित होनेवाले लगभग सभी अखबारों ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर सरकार द्वारा रूस के साथ लगभग अड़तालीस हजार नौ सौ करोड़ रुपये के रक्षा सौदे की खबर को पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाषित किया है इसके तहत तैंतीस लड़ाकू विमान रूस से खरीदे जायेंगे दैनिक प्रभात खबर रांची एक्सप्रेस और हिन्दुस्तान ने देवघर में विष्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के स्थगित करने और श्रद्वालुओं के लिए बाबा वैद्यनाथ के लाइव दर्षन की व्यवस्था की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है इसमें देवघर मंदिर और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में साफ सफाई के साथ हाइजेनिक करने के मुख्यमंत्री द्वारा दिये निर्देष को जगह दी गयी है दैनिक जागरण ने गोड्डा जिले में भूमि संरक्षण विभाग में हुए घोटाले की खबर को प्रमुखता से प्रकाषित किया है वहीं दैनिक भास्कर में रघुवर सरकार में मोमेंटम झारखंड के नॉलेज पार्टनर अर्नेस्ट एंड यंग को मेडिको सिटी प्रोजेक्ट से हटाने की तैयारी की खबर ली है अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने गृह मंत्री अमित षाह की कोरोना संकट को लेकर उत्तर प्रदेष हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक को प्रमुखता से प्रकाषित किया है बिहार में वज्रपात से मरनेवाले लोगों की खबर को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है